प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एजेंसी को बताया करोडो यूवाओं के लिए वरदान कहा इससे बढ़ेगी पारदर्शिता

केन्द्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है यह एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल संवादाताओं को बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी

सामान्य पात्रता परीक्षा सी ई टी अंक की जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाएगी इससे इन संगठनों में भर्ती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में दो बार परीक्षा आयोजित करेगी मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी श्री जावडेकर ने बताया कि इससे आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा प्रदान करने विशेषज्ञता उद्यम और पेशेवर क्षमता जैसी दक्षता बढेगी श्री जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को स्वीकृति दी एक करोड़ गन्ना किसानोंके लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेगेनेरेटिव प्राइसिज हैं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है

समिति ने डिस्कॉम को नियत सीमा से अधिक विस्तारित ऋण के लिए ऊर्जा वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को एक बारगी छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोडों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी श्री मोदी ने टवीटर पर कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए यह एजेंसी कई तरह की परीक्षाओं की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाएगी इससे बह्मूल्य समय तथा संसाधनों की बचत होगी उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता में अत्यधिक वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात पूरी तरह रोकने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति दो हजार बीस की घोषणा की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति में अगले पांच वर्षो में चालीस हजार करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और चार लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश के तराई और पूर्वी हिस्से के सोलह जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है जिससे जान माल का नुकसान हुआ है नेपाल और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा पानी और लगातार हो रही वर्षा राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ का कारण बनी हई है प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार सोलह जिलों के आठ सौ अड़तीस गांव प्रभावित है जिनमें से पांच सौ बीस गांव जलमग्न है बाढ़ जनित कारणों से अब तक चौदह लोगों की मौत हुई है अयोध्या और बाराबंकी में सरयू नदी पलियाकलां में शारदा नदी और बलिया में घाघरा सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान और दवाओं की आपूर्ति की जा रही है अधिकारियों को तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस ऐतिहासिक सत्र के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं उन्होंने बताया कि ब्जूर्ग और अस्वस्थ विधायकों को सत्र में उपस्थित न होने की छूट दी गई है श्री दीक्षित ने बताया कि यह देश की सभी विधानसभाओं में पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां कोरोना वायरस फैलने के बाद सामान्य सत्र आयोजित किया जा रहा है

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं से विधानमंडल की कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए विपक्ष से अपने मुद्दों को संवैधानिक दायरे में उठाने पर जोर दिया

उन्होंने कहा किसदन को भलीमांति विसंक्रमित किया गया है और सदस्यों के बैठने के लिए सदन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं

दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा का उपयोग भी सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा

बीमार वयोवद्व तथा महिलाओं सदस्यों को कहा गया है कि वे चाहे तो सदन को सूचना देकर सदन से विरत रह सकते हैं

गौरतलब है कि सत्र से पहले दो सप्ताह के दौरान सरकार के दो मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान कोरोना से काल कलवित हो गए सदन के कई अन्य सदस्य भी और मंत्री भी कोरोना संक्रमित हुए हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना काल में मौजूदा मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने टवीटर पर कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाण् जनित रोगों के फैलाव का समय है इसलिए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों की समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है कोविड महामारी से निपटने के लिए सही समय पर किए गए सरकार के प्रयासों के कारण देश में अब तक बीस लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं संक्रमण से ठीक होने की दर अब तिहत्तर दशमलव छह चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटो में देश में साठ हजार से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए यह एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है मृत्यू दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव नौ एक प्रतिशत रह गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिलें को कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिये तीन से पांच करोड़ रूपये अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये गये हैं मुख्यमंत्री कल अपने आवास पर एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने बजट से कोविड नाइन्टीन के उपचार संबंधी औषधियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के निर्देश दिये हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिये